उत्तर प्रदेश ने कल मनाया अपना उन्हत्तरवां स्थापना दिवस राज्यपाल राम नाईक ने कहा प्रदेश तेजी से सर्वोत्तम बनने की ओर है अग्रसर केन्द्रीय सूचना प्रसारण तथा खेल और युवा मामले मंत्री राज्यवर्द्दन राठौड़ ने कहा राष्ट्र निर्माण के लिए सभी को एक साथ मिलकर करना होगा काम महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से आया सामाजिक बदलाव

श्री अरोड़ा ने कल नई दिल्ली में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन को सम्बोधित करते हए यह बात कही

अगर परिणाम आपके पक्ष में है तो सही है और आपके पक्ष में नहीं है तो गलत है मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारा इरादा बैलेट पेपर प्रणाली की तरफ वापस लौटने का नहीं है मुख्य निर्वाचन आयक्त ने कहा कि निर्वाचन आयोग का महत्वपूर्ण कार्यक्रम स्वीप मतदाताओं को सशक्त बनाने में सफल रहा है सम्मेलन का आयोजन भारत निर्वाचन आयोग ने आज मनाए जाने वाले नौवें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के सिलसिले में किया था

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बघाई दी एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि ये वह राज्य है जिसका भारत के इतिहास में उल्लेखनीय योगदान है और यहां के लोगों ने समी क्षेत्रों में उत्कृष्ठ भूमिका निमाई है इस अवसर पर मुख्य समारोह लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में आयोजित किया गया समारोह में राज्यपाल राम नाईक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश सरकार के मंत्रिगण सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित थे समारोह की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेजी से विकास की ओर अग्रसर है प्रदेश की गणना अब सर्वेत्तम प्रदेश के रूप में की जा रही है उन्होंने कहा कि लोगों का योगी सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार विकास योजनाए संचालित कर रही है समारोह में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद के अन्तर्गत बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है उन्होंने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत आगामी पांच वर्षो में बैस लाख लोगों को इससे सीबे रोजगार मिलेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद योजना के साथ साथ विश्वकर्मा सश्रम सम्मान योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार आने वाले समय में बड़ी संख्या में नौजवानों को रोजगार स्वालम्बन और नौकरी की अनेक संमावनाओं को विकसित करने में समर्थ होगी उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर मृख्यमंत्री ने विश्वकर्मा सश्रम सम्मान योजना के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों में परम्परागत कारीगरों के लिये प्रस्कारों की भी घोषणा की उन्होंने पहले चरण में आज पन्द्रह सौ कारीगरों को टूल किट वितरित किये इसके साथ ही उन्होंने खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले एक सौ तिरानये खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया इस अवसर पर राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत आठ सौ करोड़ रूपये की विभिन्न परियोजनाओं की आघारशिला रखी केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस और सपा बसपा गठबंधन को बड़ी चुनौती मानने से इंकार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की अस्सी सीटों में से इकहत्तर सीटों पर पूर्ण बहुमत के साथ विजयी होगी कल लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा देश को लगातार आगे बढ़ाने के अभियान में लगी हुई है सरकार ने वर्षो से लम्बित या फिर बंद पड़ी योजनाओं पर तेजी से कार्य शुरू कराया है एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रियंका वाड़ा के राजनीति में प्रवेश के बावजूद भाजपा प्रदेश में अपनी रणनीति में कोई बदलाव नहीं करेगी उन्होंने कहा कि प्रियंका वाड्रा की नियुक्ति कांग्रेस का अंदरूनी मामला है

यह कार्यक्रम मंगलवार को दिन में ग्यारह बजे होगा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 आकाशवाणी संवाददाता के साथ बातचीत में मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कार्यक्रम के इस सत्र का स्वरूप वैश्विक होगा क्योंकि इसमें दक्षिण पूर्व एशिया और रूस सहित विभिन्न देशों के विद्यार्थी भाग लेंगे छात्र के साथ साथ पैरेंट और टीचर्स की भी भूषिका है तो उनके साथ भी संवाद हुई इसलिए इस बार की विरोपता है कि छात्र अध्यापक एवं अमिभावक तीनों से संवाद होगा और वह तीनों संवाद के लिए लोग जो चुने गए वह एक कॉम्पेटिशन अरंज की थी एक लाख लोगों ने उस कॉम्पेटिशन में भाग लिया और उसमें जो पहले दो हजार नम्वर है वो दो हजार लोगों को वहां बुलाया है तालकटोरा स्टेडियम में

हर नागरिक की एक जिम्मेदारी है उसी संविधान में लिखा हुआ है तो हर नागरिक को ये याद रखना भी बहुत जरूरी है कि जहां हमें वो संविधान फ्रीडम व एक्सप्रेशन देता है तो वही संविधान हमारे पर एक जिम्मेदारी भी रखता है और बड़ी सरल जिम्मेदारी है वो कि हम जो भी काम करें हम जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हों किसी भी फील्ड में काम कर रहे हों अपनी तरफ से बेहतरी से काम करें श्री राठौड़ ने कल नई दिल्ली में देशमक्ति और राष्ट्र निर्माण पर राष्ट्रीय भाषण प्रतियोगिता में कहा कि राष्ट्र निर्माण एक जिम्मेदारीपूर्ण काम है उन्होंने कहा कि राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज जैसे प्रतीक जो देशभक्ति की भावना जगाते हैं का भारत जैसे विविधता वाले देश में बड़ा ही महत्व है कल बालिका दिवस मनाया गया इस वर्ष का विषय है सुनहरे कल के लिए बालिकाओं का सशक्तीकरण महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की वर्षगांठ के अवसर पर दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि सरकार ने बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाये हैं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 इसी दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में भी मनाया जाता है प्रदेश में भी कई स्थानों कल राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविन्द जगनाथ सहित प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के अतिथियों ने कल प्रयागराज में गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर आचमन कर मंदिरों में पूजा अर्चना की समी अतिथियों ने संगम स्थित अक्षयवट सरस्वती कृप और श्री हनुमान मंदिर के भी दर्शन किये इस दौरान उन्हें कुंभ मेला क्षेत्र में स्थापित संस्कृति ग्राम तथा कलाग्राम में भारतीय संस्कृति और कला से रूबरू कराया गया अतिथियों ने कुंम के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जम कर तारीफ की प्रवासी भारतीयों के प्रयागराज भ्रमण के दौरान प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ उनके ठहरने के विशेष इंतजाम किये गये थे इससे पूर्व प्रवासी भारतीय वाराणसी से नबे बसों में तीन समूह में कल सुबह प्रयागराज पहुंचे थे हमारे संवाददाता ने बताया कि कल रात को ही सभी प्रवासी भारतीय दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिये तीन विशेष रेलगाड़ियों से प्रयागराज से दिल्ली के लिये रवाना हो गये उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति जनजाति एससीएसटी अत्याचार निवारण अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है अधिनियम में एससीएसटी के खिलाफ अत्याचार के आरोपी किसी व्यक्ति को अग्रिम जमानत नहीं देने का प्राव्यान रखा गया है न्यायमूर्ति ए के सीकरी की अध्यक्षता वाली एकल खंडपीठ ने कहा कि केन्द्र द्वारा शीर्ष न्यायालय के बीस मार्च के फैसले और नये संशोधनों के खिलाफ दायर याचिका पर एक साथ सुनवाई की जायेगी पीठ ने इस मामले को प्रधान न्यायाधीश द्वारा पुनर्गठित पीठ को भेज दिया है